उन्होंने देश में तेज गति से स्वच्छता अभियान चलाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से भारत की प्रशंसा होने पर खूशी जाहिर की है एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि सफाई और स्वच्छता में देश की प्रगति पर संगठन की रिपोर्ट काफी उत्साहवर्द्वक है प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन की भूमिका लाखों लोगों का जीवन बचाने में महत्वपूर्ण है जनमंच प्रदेश के सभी जिलों में आज तीसरे जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस दौरान प्रस्तुत जन समस्याओं में से अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया गया शिमला जिले के बसंतपुर में विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल किन्नौर जिले के भावानगर में विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज भरमौर के छतराड़ी में खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर और कांगड़ा में परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता की इसी तरह केलंग में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल बंजार में शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी मण्डी ज़िले के बल्ह में कृषि मंत्री रामलाल मारकण्डा और हमीरपुर ज़िले के भोरंज में ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने जन समस्याएं सुनीं ऊना ज़िले के गगरेट में उद्योग मंत्री विक्रम ठाक्र घुमारवी में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज सोलन ज़िले के दून में स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार और पांवटा क्षेत्र में सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने जनमंच कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की मिंजर मेला चम्बा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला परम्परागत शोभा यात्रा और मिंजर विसर्जन के साथ आज संपन्न हो गया इस मौके मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने शोभा यात्रा में शिरकत की और रावी नदी में मिंजर का विसर्जन किया उन्होंने कहा कि ये मेला व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण आयाम के रूप में माना जाता रहा है और आज भी इसकी प्रतिष्ठा कायम है मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के मेलों के आयोजन से प्राचीन संस्कृति को बढ़ावा मिलता है उन्होंने मिंजर स्मारिका का विमोचन भी किया इससे पहले जयराम ठाकुर ने सुल्तानपुर में चम्बा खजियार सड़क को चौड़ा करने और इसके उन्नयन कार्य का भूमि पूजन किया

मुख्यमंत्री ने राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चम्बा में नवनिर्मित विज्ञान प्रयोगशाला भवन का उदघाटन भी किया म्ख्यमंत्री चम्बा इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांगड़ा जिले के दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल के लिए राशन सहित अन्य ज़रूरी वस्तुओं की आपूर्ति हैलीकॉप्टर के माध्यम से करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं मगर खराब मौसम के चलते ये उड़ान नहीं हो पाई है उन्होंने कहा कि एक दो दिन में बड़ा भंगाल तक राशन पहुंचाया जाएगा ताकि लोगों की परेशानी दूर की जा सके जीएसटी केन्द्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वस्तु और सेवाकर परिषद ने रूपे डेबिट कार्ड भीम आधार यूपीआई और यूएसएसडी के माध्यम से भूगतान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है उन्होंने कहा कि समाज के गरीब वर्ग के लोगों के लिए कैश बैक ऑफर का यह प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है वित्त मंत्री ने कहा कि स्वयं आगे आने वाले राज्यों को डिजिटल भूगतान में प्रारंभिक आधार प्रोत्साहन दिया जायेगा

राम स्वरूप मण्डी जिले में करसोग क्षेत्र के तत्तापानी में सामुदायिक भवन का सांसद राम स्वरूप शर्मा ने आज लोकार्पण किया उन्होंने तत्तापानी से शाकरा के लिए बस सेवा और ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण के रथ को भी रवाना किया शाकरा में एक जनसभा में राम स्वरूप शर्मा ने कहा कि प्रदेश विकास की दृष्टि से काफी अग्रणी है और लोगों को सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं घरद्वार पर मुहैया करवाई जा रही हैं मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज सुबह से ही रूक रूक कर वर्षा का क्रम जारी है

धर्मशाला से हमारे प्रतिनिधी ने बताया है कि ज़िले में कई स्थानों पर बारिश का पानी लोगों के घरों और दुकानों में भी भर गया

पुलिस महानिदेशक एसआर मरड़ी ने दौड़ को हरी झंडी दिखाई